मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य स्तरीय समिति की घोषणा की भारतीय किसान मजदूर महासंघ ने वापस लिया आंदोलन नवीन पटनायक ने फिर संभाली उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की कमान अरूणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने ली शपथ

यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे

शपथ समारोह में विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है बंगलादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना किर्गिजस्तान गणतंत्र के राष्ट्रपति सुरोनबे जीनबेकोफ और म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंट मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद कुमार जुगनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे त्शेरिंग और थाईलैंड के विशेष दूत ग्रिसादा बूनराच ने समारोह में शामिल होने की पुष्टि की है मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री निवास पर नरेन्द्र मोदी से लम्बी बातचीत की बताया जाता है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले संभावित नामों पर विचार विमर्श किया पार्टी सूत्रों ने बताया कि सहयोगी दलों की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों की संख्या के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया है वहीं उन सांसदों को भी शपथ ग्रहण के लिये सूचित कर दिया गया है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है इस बीच मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले नामों को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं मध्यप्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर थावर चंद गेहलोत डाक्टर वीरेन्द्र कुमार को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की संभावना जताई जा रही है वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जबलपुर से सांसद राकेश सिंह दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और सीधी से सांसद रिती पाठक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है जेटली पत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नई सरकार में मंत्री नहीं बनाये जाने का अनुरोध किया है श्री जेटली ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि आपके नेतृत्व में पांच साल सरकार का हिस्सा रहना उनके लिये बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है इस दौरान बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है इससे पहले भी मुझे सरकार में काम करने का सौभाग्य मिला और विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी ने महत्वपूर्ण दायित्व दिये उन्होंने पत्र में लिखा कि वे पिछले कुछ माह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिये और समय चाहिये

राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल ने श्री पटनायक और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलाई श्री पटनायक ने लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है वहीं अरूणाचल में पूर्ण बहुमत वाली पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार को शपथ दिलाई गई है इटानगर में राज्यपाल डाक्टर बी डी मिश्रा ने मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पटनायक और पेमा खांडू को बधाई दी है उन्होंने अपने संदेश में विश्वास जताया है कि उड़ीसा और अरूणाचल में नई सरकार के मुखिया अपने अपने राज्य की जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल केन्द्र सरकार ने इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनाये जाने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया है इस संबंध में गृह मंत्रालय ने विमानतल पर चीफ इमिग्रेसन अधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल मलिक की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक समुचित दस्तावेजों के साथ भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की यहां जांच की जा सकेगी

मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की है यह समिति राज्य सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी भोपाल स्थित समन्वय भवन में आज भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ किसानों की चर्चा सकारात्मक रही इस कारण हमने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने फसलों के लाभकारी मूल्य भावांतर योजना में लंबित भुगतान और किसानों की कर्जमाफी से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आज से तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया इस दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किये बताया जाता है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी भी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं इसके बाद वे आगे की रणनीति तैयार करेंगे अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिये ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा शुरू हो गई है

इनमें से ढ़ाई सौ यात्री पहलगाम और ढ़ाई सौ यात्री बालतल मार्ग से यात्रा पर जा सकेंगे

इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम से ली जा सकती है

मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है

वहीं छतरपुर ग्वालियर गुना दतिया होशंगाबाद रायसेन और शाजापुर में लू का प्रभाव रहा हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है